एम्स रायपुर पूरे देश में कोविड रोगियों का इलाज करने के मामले में दूसरे स्थान पर

लॉकडाउन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है राजधानी सहित पूरे रायपुर जिले में इक्कीस सितंबर की रात नौ बजे से अट्ठाईस सितंबर की रात बारह बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा रायपुर जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन अवधि के दौरान रायपुर जिले में इस बार किराना और सब्जी की दुकाने भी नहीं खूलेंगी केवल मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी पेट्रोल पम्पों में केवल शासकीय वाहनों शासकीय कार्य में प्रयूक्त वाहन आपातकालीन चिकित्सा से संबंधित निजी वाहन एंब्लेंस तथा एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पीओएल प्रदान किया जाएगा अन्य वाहनों के लिए पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा इसी तरह दुग्ध पार्लर और वितरण की समय अवधि सुबह छह से आठ बजे तक और शाम पांच से साढे छह बजे तक ही होगी दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान या पार्लर नहीं खोले जाएंगे एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगी तथा ग्राहकों की सिलेंडरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगी लॉकडाउन के दौरान शराब द्कानें भी बंद रहेंगी वहीं समी धार्भिक सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए प्रर्णतः बंद रहेंगे जिले के अंतर्गत सभी शासकीय और निजी कार्यालय भी बंद रहेंगे जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी अत्यावश्यक परिस्थितियों में जिले से बाहर जाने वाले यात्रियों को ई पास के जरिये पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा वहीं कल रविवार को सामान्य दिनों की तरह ही व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है इस बीच रायपुर कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के दौरान जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उनके परीक्षार्थियों को कोई परेशानी नहीं होगी उनके प्रवेश पत्र को ही ई पास के रूप में मान्य किया जाएगा इधर धमतरी जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों को बाईस सितंबर से दस दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा इस दौरान कंटेनमेंट जोन में कोई भी किराना सब्जी और फल की दुकानें नहीं खोली जाएंगी अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी संस्थान कार्यालय और अस्पताल खलेंगे गैस एजेंसी मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पम्प चौबीसों घंटे खुले रहेंगे दूध के लिए सुबह छह से दस बर्जे तक का समय निर्धारित किया गया है जिले के सभी पर्यटन स्थल भी दस दिनों तक बंद रहेंगे वहीं बिलासपुर शहर में इक्कीस सितंबर की रात से लॉकडाउन लागू करने के समाचार मिले हैं यह लॉकडाउन अट्ठाईस सितंबर तक तक रहेगा इस दौरान सब्जी किराना दुकान सहित अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे केवल अत्यावश्यक सेवा दूध वितरण पेट्रोल और दवा की दुकाने ही खुलेंगी इसी तरह दुर्ग जिले में कल बीस सितंबर से लॉकडाउन लागू हो जाएगा जो तीस सितंबर तक रहेगा इस दौरान अति आवश्यक सेवाए ही संचालित की जा सकेंगी जबकि अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे जिसमें किराना स्टेशनरी सहित अन्य दुकानें शामिल हैं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों से बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है उघर कोरबा जिले की ग्राम पंचायत उमरैली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है इसके अलावा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के कई अन्य शहरी क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है दूसरी ओर राजनांदगांव शहरी क्षेत्र की दुकानें आज से खूल गई हैं नगर निगम सीमा क्षेत्र की सभी दुकानें सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगी जिला प्रशासन ने दो चरणों में राजनांदगांव शहरी क्षेत्र में अट्ठारह सितंबर तक लॉकडाउन किया था जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को समाप्त कर नया आदेश जारी किया है जिसमें सभी बाजारों को अनलॉक करते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति दी है कलेक्टर ने कहा है कि जहां कोरोना के ज्यादा मरीज मिलेंगे उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर वहां दुकानों को बंद किया जाएगा कोरोना मरीज प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है आज भी विभिन्न जिलों में कोरोना के नये मरीज मिले हैं जांजगीर जिला जेल में सोलह कैदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है कल भी इस जेल से सोलह कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव आई थी कोंडागांव जिले में कल रात उनतालीस कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे वहीं डिमरपाल मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में आईटीबीपी के एक जवान की इलाज के दौरान कोरोना संक्रमण से मौत हो गई कोरोना निर्देश राज्य शासन ने कोरोना मरीजों के उपचार के दौरान हाई रिजाल्यूशन एचआरसीटी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होने पर निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केन्द्रों में सीटी स्कैन की दरें निर्घारित की हैं इधर जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर लक्षणरहित कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिसीन किट के साथ ही होम आइसोलेशन के लिए प्रोत्साहित किए जाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि ऐसे मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति सरलता और आसानी से मिलनी चाहिए वहीं महासमुद जिले में कोरोना पॉजीटिव गर्भवती महिलाओं के प्रसव और अन्य सर्जरी के प्रकरणों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तुमगांव को अधिकृत किया गया है रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में होम क्वारेंटाइन व्यक्तियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनके घरों से मेडिकल वेस्ट उठाने के लिए आज एक सभी आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित एक वाहन को जिला कलेक्टर ने रवाना किया यह टीम होम क्वारेंटाइन व्यक्तियों के घरों से तीन दिनों में एक बार मेडिकल वेस्ट उठाएगी ग ह मंत्रालय निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बे रोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करें क्योंकि कोरोना रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि सरकार को पता चला था कि कुछ राज्य अपने अपने क्षेत्रो में स्थित विनिर्मोण इकाइयों से ऑक्सीजन की अंतर राज्यीय आपूर्ति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कुछ राज्य अपने यहां स्थित विनिर्माताओं और आपर्तिकर्ताओं को आदेश दे रहे हैं कि वे ऑक्सीजन की आपर्ति राज्य में स्थित अस्पतालों तक सीमित रखें

इसके जरिए वर्ष अट्ठारह सौ संतानेव के महामारी अधिनियम में संशोधन किया गया है और महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के उपायों को विधेयक में शामिल किया गया है यह विधेयक इस साल अप्रैल में जारी किया गया महामारी संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में स्वास्थ्य सेवा से जुडे कर्मियों को नुकसान पहंचाने घायल करने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों को संज्ञेय अपराध करार देने तथा उन्हें जमानत न देने का भी प्रावधान किया गया है इसके लिए तीन से पांच महीने की जेल की सजा और पचास हजार से दो लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान विधेयक में किया गया है विघेयक पर चर्चा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्यकर्भियों पर हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हए यह विधेयक लाया गया है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति तथा स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हुई घटनाओं के मद्देनजर इस बारे में कड़ा कानून बनाना जरूरी हो गया था एम्स रायपुर इलाज देशभर के प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर कोविड रोगियों का इलाज करने के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है एनसीआई झज्जर हरियाणा इस मामले में पहले स्थान पर है यह भी उल्लेखनीय है कि रायपुर एम्स के कोविड वार्ड में एक भी मृत्यू नहीं हुई है और आईसीय में हई मृत्य दर भी सबसे कम रही है एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने कहा है कि ये सभी आंकड़े एम्स रायपुर की प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाने के लिए काफी है कोरोना महामारी के खत्म होने तक एम्स रायपुर में आगे भी चिकित्सा सेवाएं इसी तरह से जारी रहेंगी विमान सेवा बस्तर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए नई विमान सेवा परसों इक्कीस सितंबर से शरू होगी मुख्यमंत्री भपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सेवा का श्रमारंभ करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री विमान यात्रियों से भी बातचीत करेंगे जिला प्रशासन के विशेष प्रयासों से आर सी एस स्कीम के तहत शुरू किए जा रहे इस नई विमान सेवा से बस्तरवासियों को जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए सीधे विमान सेवा की सुविधा मिलेगी मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सत्ताईस सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की उनहत्तरवीं कड़ी होगी लोग अपने विचार नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं टोल फ्री नंबर एक आठ शन्य शन्य एक एक सात आठ शन्य शन्य पर भी डॉयल कर अपने विचार रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं एक नौ दो दो पर भी मिस्ड कॉल देकर एसएमएस लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीघे सुझाव भेज सकते हैं पोषण रथ राष्ट्रीय पोषण माह के तहत बच्चों को पोषण का संदेश देने के लिए राजनांदगांव जिले में प्रचार रथ बनाया गया है जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने इस पोषण रथ को रवाना किया पांच सूत्रीय संदेश वाला यह रथ गांवों में जाकर पोषण के संबंध में जागरूकता का प्रचार करेगा पोषण रथ में गंभीर और मध्यम कूपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने सतत् स्तनपान पूरक पोषण आहार आदि के संबंध में संदेश दिया जाएगा वहीं महासमुद जिले के भलेसर स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में पोषण अभियान का आयोजन किया गया इस दौरान जिले की पैंतीस आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और गांव की चालीस महिला कृषकों को बाड़ी प्रोजेक्ट तथा गृह वाटिका में हरी सब्जी उत्पादन और फलदार पौधों के बारे में जानकारी दी गई रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस के अवसर पर कल बीस सितंबर से छब्बीस सितंबर तक स्थापना सप्ताह मनाया जाएगा इस दौरान कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संकर्ट काल में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा विभागीय और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए तीन सौ तिरपन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की समयबद्धता के साथ सुरक्षित यात्रा कराई गई इसके अलावा अन्य उल्लेखनीय कार्य भी संपादित किए गए इस बीच स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत आज रायपुर रेलमंडल के प्रमुख स्टेशनों में स्वच्छ सेवा परिसर थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले रायपुर धमतरी दुर्ग राजनांदगांव बालोद कोंडागांव सहित विभिन्न जिलों में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नियभितीकरण की मांग को लेकर हडताल शरू कर दी है इस दौरान संविदा कर्मचारियों ने आज अलग अलग जिलों में प्रदर्शन भी किया संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य विभाग का कार्य भी प्रभावित होने के समाचार मिले हैं हड़ताल करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों में स्टाफ नर्स एएनएम डॉक्टर ऑफिस स्टाफ क्लर्क चतृर्थ श्रेणी कर्मचारी और चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है मौसम विमाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई राजधानी रायपुर और राजनांदगांव में आज दोपहर हल्की बारिश हुई प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान चौंतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रायपूर और राजनांदगांव में देर्ज किया गया संक्षिप्त समाचार जांजगीर चांपा जिले में खनिज उड़नदस्ता टीम ने खनिज के अवैध परिवहन के मामले में पंद्रह वाहनों को जब्त किया है बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वारंटी माओवादी को उसके घर से गिरफ्तार किया है कृषि महाविद्यालय नारायणपुर में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं शिक्षकों द्वारा द्वितीय और तृतीय वर्ष के सभी विषयों की नियमित ऑनलाइन कक्षाएं ली जा रही हैं महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी शुरू हो गई है जिले में किसानों की भूमि और खरीफ फसलों के आंकलन के लिए राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी का कार्य किया जा रहा है जांजगीर जिला कलेक्टर यशवंत कमार ने ग्राम कलीपोटा में चल रहे गिरदावरी कार्य का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने कहा कि गिरदावरी में केवल धान फसल वाले रकबे को दर्ज किया जाएगा दंतेवाड़ा जिले में शंखिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां फंसे सात मजदूरों को पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया है दुर्ग पुलिस ने जमीन सौदे में बीस लाख रूपये की घोखाघड़ी करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है कोरिया जिले में पटना थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमगहना के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई कोंडागांव जिले में फरसगांव पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक वाहन से साढ़े सत्रह किलो गांजा जब्त किया है जिसकी कीमत करीब तिरासी हजार रूपये बताई जा रही है कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी से लापता हुई बालिका को पुलिस ने नागपुर से बरामद किया है जांजगीर चांपा जिले में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन ैआरोपियों को जैजैपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के बेन्दा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक आदिवासी युवक की मौत हो गई है महासमुंद जिले में पुलिस ने एक ट्रक से पांच सौ पेटी से अधिक अवैध शराब जब्त की है इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के अनुसार यह शराब ट्रक में मुर्गी दाने के नीचे छुपाकर ले जाई जा रही थी कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड के ग्राम मुरूमतरा के बाद हाथियों का दल अब ग्राम मरवाड़ी तक पहुंच गया है यहां हाथियों के दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है